राज्य सरकार के कार्यकाल का एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जयपुर में कल आयोजित हुए किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने करीब एक हजार करोड रूपये के बजट वाले किसान कल्याण कोष की शुरूआत की इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने अगले चार साल तक बिजली के दाम नहीं बढाने का वायदा किया और हर ग्राम प्रचायंत में पष् चिकित्सा केंद्र खोले जाने की घोषणा की

कार्यकमों की कडी में कल जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में सूचना और जनसम्पर्क विभाग द्वारा वर्ष एक फैसले अनेक थीम पर प्रदर्शनी की शुरुआत हुई इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वर्ष एक फैसले अनेक पुस्तक का विमोचन किया दूसरी ओर भाजपा ने कल राज्य सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया आरोप पत्र जारी करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीष पूनिया ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में विफल रही है किसान और यूवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संशोधित नागरिकता अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कथित रूप से पुलिस अत्याचार वाली याचिकाएं पहले उच्च न्यायालय में पेश की जानी चाहिए न्यायालय ने विरोध प्रदर्शन के दौरान बसों को जलाये जाने पर भी सवाल उठाया मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कल जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सहित अन्य याचिकाओं पर सुनवाई की उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को पहले निचली अदालतों में जाना चाहिए

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में गये शिष्टमंडल ने इस संबंध में राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी दिया दूसरी ओर नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली में पारित प्रस्ताव को भारत ने खारिज करते हुए कहा है कि इस कानून का उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण कुछ देशों से पालयन कर आए लोगों को यहां की नागरिकता देना है केन्द्र की ओर से आये अंतर मंत्रालयिक दल के सदस्य आज जोधपुर संभाग के विभिन्न जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले की स्थिति के बारे में रिपोर्ट लेंगे इससे पूर्व कल अंतर मंत्रालयिक दल ने बाडमेर जिले के विभिन्न गांवों का दौरा कर सूखे की स्थिति का जायजा लिया इस दौरान ग्रामीणों ने चारे और पानी की समस्या के साथ ही रोजगार की समस्या से अवगत कराया

आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने उनके दो और साथियों को भी गिरफ्तार किया है

प्रदेश में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित है राज्य के कई स्थानों पर आज सुबह से ही कोहरा छाये रहने से यातायात पर असर पड रहा है मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में ठण्ड और बढने की संभावना जताई है तेज ठण्ड से जयपुर भीलवाडा अलवर सीकर झुंझुनूं बारां बूंदी झालावाड कोटा चित्तौडगढ करौली और धौलपुर जिले प्रभावित रहेंगे वहीं पश्चिमी राजस्थान में तेज ठण्ड के साथ कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाया रहेगा